उन्होंने विपक्षी दलों से कहा कि वे देश के शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं छात्रों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं उन्होंने आशा व्यक्त की कि विपक्षी दल देश के शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों को राजनीतिक मोहरे के रूप में उपयोग नहीं करेंगे केंद्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी आज एक दिवसीय दौरे के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं श्रीमती ईरानी ने राजस्थान के कोटा में नवजात बच्चों की मौत पर कहा कि इसके लिए राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं इससे पूर्व श्रीमती ईरानी ने फुरसतगंज में रैनबसेरे का उद्घाटन किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली केंद्रीय मंत्री ने अमेठी में गरीब और निराश्रित लोगों को कबल भी बांटे

उन्होंने कहा कि यह कानन किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी तरह से प्रमावित नहीं करता श्री तिवारी नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को तथ्यों से अवगत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अमियान के अंतर्गत आज अयोध्या पहंचे थे श्री तिवारी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देश के विमाजन के समय भारत और पाकिस्तान की सरकारों से अपने अपने देश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने को कहा था उन्होंने यह भी कहा था कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है तो वे भारत आ सकते हैं और भारत उनका स्वागत करेगा श्री तिवारी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कार्य किया है उन्होंने कहा कि यह कानून पढ़ोसी देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित अत्यसंख्यक शरणार्थियों को एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए लाया गया है उन्होंने विपक्षी दलों पर समाज को बांटने का आरोप लगाया श्री तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी दिशा में निरन्तर कार्य कर रहे हैं प्रदेश में सघन टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण की आज शुरूआत हो गयी बलिया में जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाकर सघन मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण का श्मारम किया जिलाधिकारी ने अमियान से संबद्द अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस चरण में हर हाल में टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्मवती महिलाओं को टीकाकरण मुहैया कराया जाए जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ ए के मिश्रा ने बताया कि नवजात शिशुओं और बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए संपूर्ण टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है अभियान के अंतर्गत दस प्रकार की जानलेवा बीमारियों जैसे पोलियो टिटनस काली खांसी निमोनिया डिप्पीरिया टी बी खसरा मेनिनजाइटिस इंसेफ्लाइटिस और हेपिटाइटिस बी से बचाव के टीके निःशुल्क लगाए जाते हैं मऊ में जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने आज नगर पालिका के शाही कटरा में बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के दुसरे चरण की शुरूआत की हरदोई में मुख्य विकित्साधिकारी ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाने के अभियान का श्भारंभ किया जनपद में अभियान के पहले चरण में छूट गए पंद्रह हजार से अधिक बच्चों और तीन हजार से अधिक गर्मवती महिलाओं को इस चरण में टीके लगाए जाएंगे अगले सात दिनों तक जिले के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ दो हजार से अधिक स्थानों पर बच्चों और गर्भवती माताओं को टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा बेंगलुरू में विज्ञान कांग्रेस में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचक महापात्रा ने बताया कि दो हजार बईस तक किसानों की आय दोग्नी करने के लिए उत्पादन और पोषण सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है डॉक्टर महापात्रा ने किसान विज्ञान कांग्रेस के उदघाटन के बाद कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद दृष्टिकोण में यह बदलाव आया है उन्होंने कहा कि आई सी ए आर ने इस दिशा में समेकित खेती के छप्पन मॉडल विकसित किये हैं जिन्हें नाबर्ड की सहायता से प्रोत्साहन दिया जायेगा उन्होंने कहा कि अब इन मॉडलों का खेतों में परीक्षण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसानों के नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए किसान नवाचार कोष और नवाचार केन्द्र स्थापित किये जायेंगे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पैंतालिस प्रकार की जैविक खेती पद्वति विकसित की गई है